विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम नरेंद्र ठाक्र व अर्जुन सिंह के संयुक्त सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल में उज्ज्वला व गृहिणी सुविधा योजना के लंबित मामलों को निपटाने का लक्ष्य है

इस दौरान विधायक हर्ष वर्धन चौहान ने अनुपूरक सवाल किया विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने बताया कि प्रदेश सरकार पुराने हिन्दोस्तान तिब्बत मार्ग को वाहन योग्य बनाने का प्रयास करेगी

उन्होंने कहा कि यह सडक तीन भागों में क्षतिग्रस्त है विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक महत्व के कार्यो के लिए एक हैक्टेयर से कम भूमि की वन स्वीकृति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र से इस बारे में मामला उठाया है तथा आगे फिर से उठाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत सडकों की वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम मामलों की वन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ हर माह समीक्षा की जाती है ताकि जो वन मामले ऑनलाइन जमा किए गए है उनकी त्रुटियों को शीघ्र दूर किया जा सके इसी मुद्दे पर विधायक राकेश पठानिया ने भी अनुपूरक सवाल पूछे

इसे पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में प्रस्तुत किया था

बधाई राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिब्बती समुदाय को आज से शुरू हुए पारम्परिक नववर्ष लोसर की बधाई दी है तिब्बती समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की आचार्य देवव्रत ने सभी की खुशहाली व समृद्धि की कामना की भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे रोजगार प्रदाता बन सकें ये बात आज उन्होंने विधानसभा में कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा के नेतृत्व में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत के दौरान कही मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोज़गार दिलाने की दिशा में कौशल विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधक कमेटी की एक बैठक आज शिमला में प्रदेश अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और अपनी ज़िम्मेदारी व कार्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा बैठक में मौजूद सदस्यों ने चुनाव के संबंध में प्रभावशाली प्रबंधन पर अपने सुझाव दिए